इन मतदान केंद्रों पर सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जायेंगे

राज्य पुलिस के चुनाव सुरक्षा नोडल अधिकारी सुनील गर्ग ने ईटानगर में बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं उन्होंने शांतिभंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है श्री गर्ग ने कहा कि चुनाव स्थल की ओर जाने वाली पोलिंग पार्टी के साथ कुछ असामजिक तत्वों ने दुरव्यवहार किया है जिसपर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

कुरुंग कुमे और क्रा दादी जिले में चुनाव के दौरान हिंसा पर चिंता जताते हुए सभी सदस्यों ने राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया इस अवसर पर न्यीशी एलिट सोसायटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार किपा बाबू सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और न्यीशी जनजाति के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे

बाजारों में चाय की द्वकानों पर बैठकर भावी च्रनाव परिणामों पर विभिन्न एजेंसियों के सर्वेक्षण रिपोर्ट को पढ़ते हुए लोगों को देखा जा सकता है आज देशभर में राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्र चुनाव परिणामों के अनुमानों से भरे हुए है अपने अपने हिसाब से लोग एक्जिट पोल का आकलन कर रहे है हालांकि चुनाव सर्वेक्षण के बावजूद वास्तविक परिणामों का लोगों का बेसब्री से इंतजार है

असम की चौदह लोकसभा सीटों पर लगभग बयासी प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया मुख्य चुनाच अधिकारी मुकेश साहू ने बताया कि मतगणना इक्यावन केंद्रों पर की जाएगी जिला प्रशासन द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है श्री साहू ने बताया कि चौदह केंद्रों पर प ले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी अन्य स्थानों पर मतगणना सुबह आठ बजे से शुरु होगी उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं

पुलिस ने उनके पास से ब्राउन शुगर सहित कई मादक पदार्थ और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है प्रलिस के अनुसार यह दोनों राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे

जिन प्रणालियों को पुनर्निर्धारित किया गया है वे है किलोग्राम केल्विन मोल और एम्पीयर नई प्रणाली लागू करने का उद्देश्य विश्व में प्रचलित मापने की वैज्ञानिक इकाईयों के साथ समरुपता स्थापित करना है रक्षा मंत्रालय के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉ आर चिदंबरम ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह एक क्रांतिकारी बदलाव है उन्होंने कहा कि देश को अपनी व्यासमापन और मापन क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई प्रणाली के अपनाने से दिन प्रतिदिन के जीवन में उन्नत विज्ञान स्वास्थ्य विनिर्माण और इंजीनियरिंग की इकाईयों पर भरोसा बढ़ेगा

यह द्रसरा वर्ष है जब विश्व मध्रमक्खी दिवस मनाया जा रहा है यह यह दिन अटठारहवीं शताब्दी में आध्रनिक मध्रमक्खी पालन की तकनीक को लोकप्रिय बनाने वाले एटोन जनसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है स्लोवेनिया के बीकीपर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख बीस मई को प्रतिवर्ष विश्व मक्खी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे सात जुलाई दो हजार सत्रह को ईटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के चालीसवें सत्र में अनुमोदित किया गया था बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया

आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान श्रन्य दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया